राज्य में आज अबतक चार श्रमिक स्पेशल रेल आयी तीन आनी बाकी राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी का चौथा चरण आज से शुरू हो गया है

चौथे चरण में कई रियायत दी गयी हैं केन्द्र ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को रेड ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है लॉकडाउन के इस चरण में राज्य और केन्द्र शासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को तीन अलग अलग जोन में बांट सकेंगे इससे राज्यों को छूट का दायरा अधिक क्षेत्रों तक बढ़ाने में मदद मिलेगी रेड जोन और ऑरेंज जोन के बीच नियंत्रण क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा नियंत्रण क्षेत्र के एक हिस्से को बफर जोन यानी प्रतिरोधक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा बफर जोन में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देशों के साथ सरकार ने स्पष्ट किया है कि नियंत्रण क्षेत्र में चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा अन्य किसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी

राष्ट्रव्यापी स्तर पर प्रतिबंधित गतिविधियों के अलावा राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उन गतिविधियों के बारे में फैसला करेंगे जिनकी स्वीकृति तीनों जोन में दी जानी है राज्यों के बीच बस और अन्य वाहनों के परिवहन के बारे में भी निर्णय लिया जाएगा इसके लिए संबंधित राज्यों की सहमति जरूरी है सरकार ने खेल कूद परिसर और स्टेडियम खोले जाने की भी अनुमति दी है हालांकि इनमें दर्शकों के जाने की अनुमति नहीं होगी ऑनलाइन और दूरस्थ शिक्षा की अनुमति दी गई है और इसे बढ़ावा देने के उपाय किए जाएंगे सरकार ने सभी नियोक्ताओं को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि उनके सभी कर्मचारी अपने मोबाईल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करें

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि लॉकडाउन चार में झारखंड में क्या छूट दी जाएगी शाम तक इसकी घोषणा की जाएगी

इसे लेकर पश्चिमी सिंहभूम जिले में मजदूरों को रोजगार से जोड़कर उनकी इस समस्या को खत्म करने का प्रयास शुरू कर दिया गया है

प्रवासी मजदूरों के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र के मजदूरों को राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार की योजनाओं में मनरेगा मजदूरों के रूप में सूचीबद्ध करते हुए उन्हें काम दिया जा रहा है

कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी ने झारखंड सरकार से और अधिक संवेदनशील होकर काम करने का आग्रह किया है उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को लाए जाने के लिए राज्य सरकार ट्रेनों को अनुमति देने में कोताही बरत रही है जबकि केंद्र सरकार लगातार मदद के लिए तत्पर है श्रीमति अन्नपूर्णा देवी ने आज जिले के अलग अलग इलाको में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया

कोरोना संक्रमण की घड़ी में केंद्र सरकार खासकर गरीब परिवारों का विशेष ख्याल रख रही है कोरोना से बचाव और रोकथाम को लेकर जारी लॉक डाउन के दरमियान राशनकार्ड धारियों को मुफ्त चावल के साथ एक एक किलोग्राम चना दाल भी दिया जा रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत पाकुड़ जिले के एक लाख पैसठ हजार तीन सौ इक्कीस परिवारों को राशन दुकानों से दाल दी जा रहा है लॉकडाउन के दौरान गर्भवती और धात्री माताओं की सुरक्षा और स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी सरकार सजग है खूंटी जिले में कोरोना संकट के दौरान सरकार ने गर्भवती महिलाओ के लिए विशेष जांच का प्रबंध किया है

कोरोना टेस्ट टीम के बुंडू पहुंचने पर टीम के सदस्यों का स्वागत अस्पताल टीम एवं बुंडुवासियों ने प्रष्प वर्षा कर किया

प्रधानमंत्री ने इस कडी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है

रेलवे ने इस महीने की पहली तारीख से पूर्णबंदी के कारण देश के विभिन्न भागों में फंसे प्रवासी कामगारों पर्यटकों श्रद्दालुओं विद्यार्थियों और अन्य लोगों के लिए श्रमिक विशेष रेलगाड़ियां शुरू की हैं इधर आज झारखंड में अबतक चार श्रमिक स्पेशल रेल से प्रवासी श्रमिक वापस आए हैं और तीन श्रमिक रेल आनी बाकी है मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारखण्ड पुलिस को उत्तर प्रदेश पुलिस से समन्वय स्थापित कर इटावा में घायल पड़ी सोनोति सोरेन के परिवार को सुरक्षित झारखण्ड लाने का आदेश दिया है

सरायकेला जिले के सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाके छोटा गम्हरिया पंचायत भवन में पहली बार जिले के दिव्यांगों के एक संगठन ने कोरोना महामारी के दौरान रक्तदान का आयोजन किया जहां आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया